मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने संवाददाताओं को बताया कि सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं को मानदेय के अलावा अन्य लाभ भी देने का फैसला किया है

उनको अन्य सुविधाएं देने का भी निर्णय हुआ है और लगभग पांच लाख गांवों में जन आरोग्य योजनाओं की कमेटियां बनी वेलनेस सेंटर इक्कीस हजार बने हैं चालीस हजार इस साल में बनेंगे मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत लाभार्थियों को धनराशि जारी किए जाने के बारे में आधार संबंधी विवरण की अनिवार्यता में भी छूट दी है यह छूट इस वर्ष तीस नवम्बर तक के लिए होगी केन्द्र सरकार ने रेडियो और टेलीविजन क्षेत्र में भारत और विदेशी प्रसारकों के बीच समझौते का भी अनुमोदन किया है सरकार के अनुसार इन समझौतों से लोक प्रसारक को नई प्रौद्योगिकी चुनौतियों और कड़ी प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने की रणनीति बनाने में मदद मिलेगी सातवां वेतनमान एरियर्स राज्य सरकार ने प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को इस वर्ष सातवें वेतनमान के एरियर्स की दूसरी किस्त का भुगतान दीपावली के पहले करने की घोषणा की है इस निर्णय से प्रदेश के करीब साढ़े तीन लाख शासकीय कर्मचारी लाभान्वित होंगे वित्त विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इससे राज्य सरकार पर साढ़े पांच सौ करोड़ रूपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा गौरतलब है कि राज्य सरकार ने वेतनमान लागू होने के बाद के अट्ठारह महीने के एरियर्स की राशि का भुगतान छह समान किश्तों में देने का निर्णय लिया था गांधी विचार पदयात्रा महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती के अवसर पर धमतरी जिले के कण्डेल से शुरू हुई कांग्रेस की गांधी विचार पदयात्रा आज रायपुर के ऐतिहासिक गांधी मैदान में संपन्न हो गई इस मौके पर आमसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि महात्मा गांधी ने सत्य अहिंसा स्वावलंबन और करूणा का रास्ता दिखाया उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने हर तरह की हिंसा के सामने आत्मबल को खड़ा किया महात्मा गांधी ने किसानों के लिए संघर्ष किया और हाथ से काम करने वालों को भी उनका उचित सम्मान दिलाया इससे पहले गांधी विचार पदयात्रा के रायपुर पहुंचने के बाद राजधानी की अलग अलग बस्तियों में आमसभाओं का आयोजन किया गया आज ड्रण्डा की आमसभा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राष्ट्रपिता गांधी के राष्ट्रवाद में समाज के कमजोर से कमजोर व्यक्ति की असहमति का भी सम्मान है श्री बघेल महात्मा ने कहा कि महात्मा गांधी का राष्ट्रवाद महावीर स्वामी गौतम बुद्ध गुरूनानक कबीर बाबा गुरू घासीदास जैसे संत महात्माओं और महान विचारकों से प्रभावित हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि अंग्रेजों द्वारा सिंचाई कर लगाने के खिलाफ स्वाधीनता सेनानी बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नेतृत्व में कंडेल नहर सत्याग्रह किया गया था इसी सत्याग्रह की याद को स्थायी बनाने और महात्मा गांधी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए ही कंडेल से गांधी विचार पदयात्रा शुरू की गई गांधी विचार पदयात्रा के समापन के बाद कल से प्रदेश के सभी विकासखंडों में गांधी विचार यात्रा शुरू होगी एलआईसी स्पष्टीकरण जीवन बीमा निगम एलआईसी ने सोशल मीडिया के कथित दावों का खंडन करते हुए अपने पॉलिसी धारकों को उनका धन सुरक्षित होने का भरोसा दिलाया है सोशल मीडिया में कथित तौर पर एलआईसी को भारी घाटे में चलने की खबरों के बाद यह स्पष्टीकरण आया है एलआईसी ने एक बयान में कहा है कि ये खबरें गलत और बेबुनियाद हैं तथा निगम की छवि बिगाड़ने और निवेशकों में भय पैदा करने के उद्देश्य से गलत जानकारी फैलायी जा रही हैं अपने निवेशकों को आश्वस्त करते हुए जीवन बीमा निगम ने कहा कि उसकी वित्तीय स्थिति मजबूत है हाईकोर्ट झीरम घाटी झीरम घाटी हमले की जांच के लिए गठित न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा की अध्यक्षता वाले जांच आयोग के समक्ष आज कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने अपना बयान दर्ज कराया आयोग को पेश किए गए अपने शपथ पत्र में उन्होंने घटना के संबंध में विस्तृत जानकारी दी इसके अलावा उन्होंने अपने बयान में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आयोग का ध्यान आकृष्ट कराया

लोकवाणी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियोवार्ता लोकवाणी की तीसरी कड़ी का प्रसारण आगामी तेरह अक्टूबर को होगा यह प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्रों के अलावा एफएम रेडियो और क्षेत्रीय न्यूज चैनलों से सुबह साढ़े दस बजे से दस बजकर पचपन मिनट तक होगा गोरतलब है कि मुख्यमंत्री ने समाज के हर वर्ग की भावनाओं सवालों और सुझावों से अवगत होने तथा अपने विचार साझा करने के लिए लोकवाणी रेडियोवार्ता शुरू की है लोकवाणी में इस बार का विषय स्वास्थ्य और मातृशक्ति रखा गया है

यदि किसी व्यक्ति को पुलिस अधिकारियों या पुलिसकर्मियों द्वारा दुर्व्यवहार या भ्रष्ट आचरण की शिकायत मिलती है या उसके साथ ऐसी घटना होती है तो वह इसकी जानकारी शिकायत केन्द्र को दे सकता है श्री अवस्थी ने इस संबंध में जिलों में तैनात पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों से कहा है कि किसी के खिलाफ शिकायत मिलने पर उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी गार्बेज कैफे अंबिकापुर नगर निगम ने दैनिक दिनचर्या में प्लास्टिक के खतरे के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से एक अनूठी पहल की है यहां गार्बेज कैफे में एक किलो प्लास्टिक का सामान देकर मुफ्त में भरपेट भोजन और आधा किलो प्लास्टिक कचरा लाने पर नाश्ता प्राप्त किया जा सकता है इस संबंध में अंबिकापुर नगर निगम के महापौर अजय तिर्की ने बताया कि इस नई पहल को जनता ने भी काफी पसंद किया है